इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये पांच हजार जन औषधि भण्डारों के संचालकों और इस कार्यक्रम के लाभार्थियों से बातचीत करेंगे रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली में बताया कि प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना से आम नागरिकों की करीब एक हजार करोड़ रूपये की बचत हई है क्योंकि इन कोन्द्रों के जरिये बेची जाने वाली दवाओं की कीमत औसत बाजार मुल्यों से पचास से नब्बे प्रतिशत कम है देश के छह सौ बावन जिलों में पांच हजार से अधिक लोग प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना केन्द्रों में काम कर रहे हैं

श्री पुरी ने कहा कि इस योजना के तहत उनयासी लाख मकानों के निर्माण को स्वीकृति दी गई है

किसान सम्मान निधि केन्द्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत दो करोड़ से अधिक किसानों के खाते में दो हजार रूपये की पहली किश्त भेज दी है कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने कल नईदिल्ली में बताया कि कई राज्य इस योजना को लागू करने में गंभीरता दिखा रहे हैं और पात्र किसानों के बारे में जानकारी दे रहे हैं

आयोग की ओर से आज यहां जारी विज्ञप्ति में मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति नरेन्द्र कुमार जैन द्वारा अब यह सुनिश्चित किया गया है कि मानवाधिकार हनन की घटनाओं के पीड़ितों को सहजता से न्याय सुलभ कराने के लिए जिला स्तर पर मानव अधिकार हनन के मामलों की सुनवाई की जाये

अपराधी सजा गृह मंत्री बाला बच्चन ने कहा है कि अपराधियों को सजा दिलाने में मध्यप्रदेश अब देश का अग्रणी राज्य बन गया है इस उपलब्धि के लिये अमेरिका की संस्था गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड द्वारा प्रदेश को देश के प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है श्री बच्चन ने कल भोपाल में संचालक लोक अभियोजन राजेन्द्र क्मार को पुलिस प्रशिक्षण एवं शोध संस्था में यह पुरस्कार सौंपा उन्होंने कहा कि प्रदेश में बेहतर कानून व्यवस्था के लिए आवश्यक है कि पुलिस द्वारा अपराधियों के विरूद्व तत्परता से कार्यवाही की जाये और अभियोजन अधिकारी उन्हें सजा दिलाने में सजगता बरतें उमा भारती केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री उमाभारती ने कल भोपाल में मुख्यमंत्री कमलनाथ से मुलाकात की इस दौरान सुश्री भारती मुख्यमंत्री से कोन बेतवा लिंक परियोजना पर बातचीत की इससे पहले उमा भारती ने कहा कि इस बातचीत का उद्देश्य केन बेतवा परियोजना के काम को और आगे बढ़ाना है इसके लिए संबंधित राज्यों की सहमति जरूरी है गौरतलब है कि प्रदेश की पूर्ववर्ती सरकार में जल बंटवारे को लेकर उत्तरप्रदेश के साथ सहमति नहीं बनने से यह योजना अभी तक शुरू नहीं हो पाई थी

पहले चरण में छतरपुर जिले के गंगऊ डेम से ढाई किलोमीटर ऊपर नया शोधन डेम बनाया जायेगा

वे यहां पार्टी के संभागीय पालक संयोजकों के सम्मेलन को संबोधित करेंगे इस अवसर पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवराजसिंह चौहान प्रदेश अध्यक्ष श्र राकेश सिंह प्रदेश संगठन महामंत्री सुहास भगत नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव सहित अनेक वरिष्ठ नेता भी सम्मेलन में उपस्थित रहेंगे

इन विद्यालयों में निर्माण श्रमिकों के बच्चों को निरूशुल्क उत्कृष्ट शिक्षा प्रदाय की जायेगी प्रदेश में भोपाल इंदौर जबलपुर और ग्वालियर में पूर्व से ही श्रमोदय विद्यालय का निर्माण प्रक्रिया में है महिला सम्मान महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने कल नईदिल्ली में सोशल मीडिया के जरिए समाज सुधार अभियान चला रही तीस महिलाओं को सम्मानित किया उन्होंने इस अवसर पर मेनका गांधी ने कहा कि ऑन लाइन काम कर रही इन महिलाओं के स्वर बहुत शक्तिशाली हैं इन महिलाओं ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी सकारात्मक सोच का समाज पर गहरा प्रभाव छोड़ा है महिला और बाल विकास विभाग का यह कार्यक्रम ट्वीटर इंडिया और ब्रेकथ्रो इंडिया के सहयोग से चलाया जा रहा है

श्री सिलावट ने बताया कि बेहतर साफ सफाई और स्वास्थ्य सेवाओं के आधार पर जिला एवं सिविल अस्पताल सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को कायाकल्प पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है

मौसम हवाओं का रूख बदलने से एक बार फिर भोपाल सहित प्रदेश के कई जिलों में मौसम के तेवर फिर ठंडे पड़ गये है हालांकि दिन में अभी भी तेज धूप की वजह से गर्मी महसूस की जा रही है

मौसम विभाग ने बताया है कि राजस्थान के पास बना ऊपरी हवाका चकवात और मध्यप्रदेश से विधर्ब तक बनी ट्रफ लाइन खत्म हो गई है इस वजह से मौसम साफ हो गया है विभाग ने एक दो दिन ऐसी ही ठंडक बनी रहने का अनुमान जताया है

राज्य शासन ने इन ग्राम सभाओं में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिये है

जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को पर्याप्त सुविधाओं का इंतजाम करने के निर्देश दिये हैं